मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देवास और सीहोर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने जिले के नेमावर के प्रभावित इलाके में पीड़ितों से संवाद किया इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से नुकसान तो हुआ है लेकिन पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ सहित कई लोगों ने इस आपदा में जन हानि नहीं होने दी उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को उनके मकान खेत और फसलों के नुकसान का सर्वे कर उचित राशि शीघ्र दिलवाई जाएगी श्री चौहान ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेमावर में फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण की घोषणा भी की मुखर्जी निधन पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से अलंकृत प्रणव मुखर्जी का आज नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित श्मशान घाट में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया श्री मुखर्जी का पार्थिव शरीर आज सुबह राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर श्रद्वांजलि देने के लिये लाया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है

मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या अगस्त के आखिरी सप्ताह में जुलाई के पहले सप्ताह के मुकाबले चार गुना अधिक हो गई है प्रभावी तरीके से नमूनों की जांच और रोगी के सम्पर्कों का पता लगाने तथा उपचार करने से बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी कम हुई है इस समय देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव सात सात प्रतिशत है संयुक्त प्रवेश परीक्षा देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई प्ररी तैयारी के साथ आज शुरू हुई

कोविड महामारी के दौरान आयोजित होने वाली यह ऐसी पहली परीक्षा है जिसमें लगभग दस लाख छात्रों के लिए छह सौ से अधिक केंद्र बनाये गये हैं

राजधानी भोपाल में इस परीक्षा के लिये चार केन्द्र बनाए गये हैं प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को सेंटर तक पहुंचाने के लिये परिवहन की सुविधा भी दी गई

पोषण अभियान महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरूआत हुई

पहला अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा

इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जनभागीदारी से क्पोषण को मिटाना है दिव्यांग अधिकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में दिव्यांग लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है

इस अवसर पर घर घर बिराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इक्टठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केन्द्र बनाये हैं उमरिया जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गणेश विसर्जन का कार्य नगरपालिका के द्वारा संग्रहित कर तैयार किये गये कुंड में पूरी विधि विधान से किया गया अशोकनगर टीकमगढ़ सहित कई अन्य जिलों में भी अनंत चतुदर्शी पर्व उत्साह से मनाए जाने के समाचार मिले हैं राजधानी भोपाल में भी लोगों द्वारा अपने अपने घरों में ही विसर्जन किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि वे गमलों में या घर के समीप ही मूर्तियों का विसर्जन करें गौरतलब है कि कोरोना के चलते मूर्ति विसर्जन के चल समारोहों पर रोक है मौसम प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल इंदौर उज्जैन जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में बारिश दर्ज की गई

जिसमें करोड़ो रूपये की सम्पत्ति जांच में सामने आई है